प्रधानमंत्री आयुर्वेद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुर्वेद जगत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है वे कल शाम वैश्विक आयुर्वेद समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि लोगों को आयुर्वेद का लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का महत्व समझ में आने लगा है श्री मोदी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद और परंपरागत औषधियों के अध्ययन के लिए भारत आ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन आरंभ किया गया है श्री मोदी ने कहा कि भारत कुशलता पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है और इसका उद्देश्य लोगों को सभी रोगों से मुक्त करना है झारखंड कैबिनेट राज्य के एक सौ सैंतीस गांवों के सात हजार सात सौ छियतर घरों में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जाएगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई उधर मंत्रिमंडल ने एक हजार वर्गमीटर से कम जमीन में भी कुछ शर्तो के साथ बहमंजिली इमारत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है वहीं सरकारी जमीन पर घर और दुकान बनाने वालों तथा ठेला लगाने वालों को हटाया जाएगा इसके लिए उन्हें तीस दिन की मजदूरी और पांच हजार रुपए मुआवजा देने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है इधर दूसरे प्रदेशों में राज्य मंत्रियों के इलाज पर होने वाली खर्च राज्य सरकार वहन करेगी रांची के चिरौंदी स्थित साइंस सेंटर को विकसित करने के लिए नया डीपीआर बनाने नमामि गंगे परियोजना के तहत बोकारो के फुसरो में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के पेंशनधारियों को सुविधाओं का लाभ अब वर्ष दो हजार उन्नीस की बजाय वर्ष दो हजार चार से देने समेत कई अन्य प्रस्तावों को भी मंत्रिमडल ने मंजूरी दी है राशन मोबाइल एप उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लाभ के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप की शुरूआत की

निवेशक मित्र पोर्टल केंद्र सरकार जल्द ही घरेलू निवेशकों की देख रेख और सुविधा के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र डिजिटल पोर्टल शुरू करने जा रही है

वेबपेज क्षेत्रीय भाषाओं और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा वाटर शेड प्रोजेक्ट राज्य के सात जिलों के चौबीस प्रखंडों में मनरेगा के तहत हाई इंपैक्ट मेगा वाचरशेड प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा गुमला पश्चिमी सिंहभूम पाकुड़ साहेबगंज गोड्डा दुमका और गिरिडीह जिले के चयनित प्रखंडों में छह सौ छियानबे वाटरशेड का विकास किया जाएगा इसके माध्यम से साल में दो फसलों को उगाने की तैयारी है इस योजना से लगभग एक लाख किसानों की आमदनी को अगले चार वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य है ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने बताया कि इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बारह सिविल सोशायटी को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी स्पेशल स्टोरी खूंटी खूंटी जिले में विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं

इनमें तीन लाख अठाइस हजार पैतालीस हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर अठहतर हजार पांच सौ सैतालीस साठ साल आयु वर्ग के और ग्यारह हजार छह सौ इक्यानबे विभिन्न रोगों से पीड़ित पैतालीस वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं

कल राज्य में तीस हजार एक सौ छियासठ लोगों को कोरोना टीका लगाया गया

इस शिविर में लोगों का बैंक खाता भी खोला जाएगा जिले के उप विकास आयुक्त ने जिलास्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक में अधिकारियों को इससे संबंधित आवश्यक निर्देश दिए नीट परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट इस वर्ष एक अगस्त को होगी

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि नीट परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी

निगम के आयुक्त ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे शनिवार को वाहन की बजाय साइकिल से कार्यालय आएं उन्होंने लोगों से राजधानी रांची को साइकिल फ्रेंडली बनाने और शनिवार के दिन को शहरी परिवहन के रूप मे साइकिल को स्वीकार करने को कहा है उन्होंने बताया कि साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ट्रेन सेवा दक्षिण पूर्व रेलवे ने होली और रामनवमी को देखते हुए हटिया और रांची से चलने वाली कुछ ट्रेनों के फेरा बढ़ाने का निर्णय लिया है इसके तहत हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस हटिया पूर्णिया स्पेशल ट्रेन हटिया इस्लामपुर और रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन शामिल है तबादला राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो भारतीय पुलिस सेवा के नौ और राज्य प्रशासनिक सेवा के कई पदाधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापना किया है हर्ष मंगला माध्यमिक शिक्षा निदेशक और नमन प्रियेश लकड़ा आदिवासी कल्याण आयुक्त बनाए गए हैं वहीं आईपीएस आरके मल्लिक को एडीजी मुख्यालय नवीन क्मार सिंह को एडीजी वायरलेस सुमन गुप्ता को रेल आईजी प्रिया दूबे को बोकारो आईजी अमोल वेनु होमकर को आईजी अभियान प्रभात कुमार को आईजी प्रोविजन पंकज कंबोज को दक्षिणी छोटानागपुर रेंज का डीआईजी और अन्प बिरथरे को डीआईजी जगुआर बनाया गया है विधानसभा घेराव राज्यभर के पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पन्द्रह से उन्नीस मार्च तक विधानसभा का घेराव करेंगे एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि जिलेवार पारा शिक्षक रांची में विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे उधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कहा कि पारा शिक्षकों की मांगों पर सरकार विचार कर रही है अगर वे विधानसभा का धेराव करने आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी मौसम राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है अगले चौबीस घंटे तक आसमान में बादल छाए रहने तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात तथा ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है कल शाम में भी रांची बोकारो हजारीबाग खूंटी रामगढ़ समेत कई जिलों में तेज हवा चलने के साथ बारिश भी हुई हॉकी सिमडेगा में चल रहे राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है कल झारखंड ने महाराष्ट्र को दस शून्य के अंतर से पराजित किया इससे पहले गुजरात को झारखंड ने सत्रह गोल से हराया था उधर कल हरियाणा ने उत्तराखंड और पंजाब ने मध्य प्रदेश पर जीत दर्ज की जबकि चंडीगढ़ और बिहार का मुकाबला ड्रॉ रहा अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने अमृत महोत्सव और राज्य मंत्रिमंडल द्वारा कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक प्रभात खबर ने बंगाल चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा टीएमसी को समर्थन देने की खबर को पहले पन्ने पर छापा है दैनिक भास्कर ने इंजीनियरिंग में फिजिक्स और मैथ्य की पढ़ाई की अनिवार्यता अब जरूरी नहीं से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर लिया है दैनिक जागरण ने आज राजधानी रांची में हर शनिवार को नो कार अभियान शुरू होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है